आंधप्रदेश बिहार तेलंगाना ओडिसा पश्चिम बंगाल असम कर्नाटक झारखंड और उत्तर प्रदेश में संकमितों की संख्या सबसे अधिक है

कैबिनेट सचिव ने स्वास्थ्य सचिवों और अधिकारियों के साथ कोविड के मामले बढने और इससे निपटने के उपायों की विस्तृत समीक्षा की कुछ राज्यों में जांच की रफ्तार धीमी होने पर चिंता व्यक्त की गई बैठक में कहा गया कि मामलों का जल्दी पता लगाने और संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जांच का काम तेज होना चाहिए राज्यों को सलाह दी गई है कि स्वास्थ के बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान दिया जाए राज्यों से पर्याप्त संख्या में बिस्तरों ऑक्सीजन और वेंटीलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मी कहा गया है राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना से संक्रमित तीन सौ सतहत्तर नए मरीज मिले हैं संकमितों की कुल संख्या बढ़कर सात हजार छह सौ सत्ताईस हो गयी है वहीं कल सात लोगों की मौत हो गयी है दूसरी तरफ अब तक तीन हजार तीन सौ चौवन कोरोना संकमित मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छटटी मिल चकी है

वहीं गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित कोविड अस्पताल में इलाजरत एक कोरोना संकमित मरीज की कल मौत हो गई थी जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एन के रजक ने बताया कि मृतक की उम्र पचासी वर्ष थी और वह बिहार के डेहरी ऑन सोन का रहनेवाला था रांची के रिम्स में कल सात डॉक्टर और चार नर्स कोरोना से संकमित मिले हैं पिछले सोलह दिनों में कुल मिलाकर बयालीस डॉक्टर और नर्स कोरोना से संकमित हुए हैं इस संबंध में रिम्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रभात कमार ने कहा कि इलाज के लिए डॉक्टर और नर्सों की कमी हो रही है

रांची के इटकी स्थित यक्षमा आरोग्यभााला के अधीक्षक और चार कर्मचारी कोरोना संकमित पाये गए हैं संकमित कर्मचारियों को उनके घर में ही आइ गोलेट किया गया है आज इनको इलाज के लिए रिम्स भेजा जायेगा अस्पताल में भर्ती टीवी रोगियों को भी सुरक्षित स्थान पर रखकर इलाज की व्यवस्था की जा रही है झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और जांच की सुस्त रफ्तार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार को सख्त हिदायत दी है झारखंड उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधी डॉक्टर रवि रंजन ने कहा कि हालात से लगता है कि सरकार इस महामारी से निपटने की तैयारी सही तरीके से नहीं कर सकी है हाईकोर्ट ने नए भवन में कोर्ट के सभी कर्मी और जज गेस्ट हाउस को जज के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने का सुझाव दिया है कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सरकार प्रस्ताव भेजे कोर्ट ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सचिव के साथ हुई बैठक में सुधार का दावा किया जाता है लेकिन सुधार नहीं दिख रहा है कोर्ट ने सुनवाई के दौरान झारखंड में बढ़ते कोरोना मामले पर चिंता जतायी हैं कोर्ट ने रांची के धूर्वा स्थित जुडिशल एकेडमी के खाली भवन के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया है

इसमें हवाई यात्रा की दूरी के आधार पर किराये की श्रेणी निर्घारित की गई थी कोविड महामारी फैलने के बाद मंत्रालय ने घरेलू विमान किराया बढ़ाने पर रोक लगाई थी और उड़ानों के किराये की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा तय की थी हवाई यात्रा की बढ़ती मांग के कारण किराये में अत्यधिक वृद्धि रोकने के लिए अधिकतम सीमा तय की गई थी जबकि विमानन कंपनियों की परिचालन लागत सुनिश्चित करने के लिए निचली सीमा तय की गई थी खूंटी समाहरणालय में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उज्ज्वला योजना तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर समीक्षा बैठक की इस दौरान पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिला अंतर्गत खाद्यान्न आपूर्ति से सम्बंधित कार्यों के सम्बंध में विस्तार से चर्चा की गयी

इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में लोगों तक डाक बचत की सभी योजनाएं पहुंचा कर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है नये आदेश में डाकघर शाखाओं को सार्वजनिक मविष्य निधि मासिक आय योजना राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गयी है

हैवी इंजनीयरिंग कॉरपोरे ान एचईसी के एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद एचईसी मुख्यालय और एमएमबीपी के प्र ाासनिक भवन को सील कर दिया गया है आज दोनों भवन सैनेटाइज किये जाएंगे सोमवार से दोनों कार्यालय खूल जाएंगे जानकारी के अनुसार एचएमबीपी के कार्मिक विमाग के एक कर्मी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी इसके पहले भी एचईसी के तीन कर्मचारी पॉजिटिव पाये गए थे वहीं दूसरी तरफ एचईसी लिमिटेड श्रमिक कर्मचारी यूनियन ने कोरोना संकमण से बचाव लिए प्रबंधन से पंदह दिनों की लॉकडाउन करने की मांग की है इसके साथ ही काम पर आने वाले सभी कामगारों को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराने की अपील की है झारखंड चैंबर ऑफ कामर्स की तीन दिनों तक द्वकानें बंद रखने की अपील का कल पहले दिन कोई खास असर नहीं दिखा राज्य के अधिकतर जिलों में दुकाने खूली रहीं राजधानी रांची में भी बहुत कम द्वकानें बंद नजर आयीं लोहरदगा में द्वकानें बंद रहीं जबकि साहिबगंज में आधी दुकाने ँखुली रहीं

धनबाद में दिन में द्रकाने खुली रहीं लेकिन भााम पांच बजे बाजार बंद हो गया पलामू गढ़वा रामगढ़ कोडरमा सिमर्डेगा चतरा जामताड़ा गिरिडीह हजारीबाग और लातेहार में सभी द्वकानें खूली रहीं झारखंड चैंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष कुणाल आजमानी ने कोरोना का संकमण तेजी से फैलने पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए

सरकार ने इस संबंध में झारखंड श्रिक्षा परियोजना परिशद की वेबसाइट जेइपीसी डॉट गोम डॉट इन तथा विभाग की वेबसाइट झारखंड डॉट गोम डॉट इन पर लिंक जारी किया है अभिभावक तीस जुलाई तक अपने सुझाव दे सकते हैं इससे पहले विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अभिभावकों से ् सुझाव लेकर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्दे दिया था अभिभावकों से अगस्त से नवंबर में स्कूल खोलने या कोरोना वैक्सीन आने के बाद स्कूल खोलने पर राय मांगी गयी है

यह कटौती पहली से बारहवीं कक्षा तक की जायेगी कमेटी को एक महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है राष्ट्रीय वन महोत्सव दिवस के अवसर पर पूरे देश मे लगातार तीन दिनों तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम तय किया गया है खूटी के अलग अलग इलाकों में और प्रत्येक ब्रथ क्षेत्र में भाजपा कार्यकत्ताओं ने आज पौधे लगाए पूर्व सांसद सह पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा ने अपने आवासीय क्षेत्र अनिगड़ा में पौधे लगाए इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष दो पौधे लगाने चाहिए जिससे पर्यावरण संरक्षित हो और वायु शद्ध रहे वहीं भाजपा के नए जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता और सांसद के जिला प्रतिनिधि समेत विभिन्न कार्यकर्त्ताओं ने अलग अलग इलाकों में पौधे लगाए नवनिर्मित नगर पंचायत कार्यालय परिसर में नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षदों ने पौधरोपण किया हजारीबाग जिले के मेरु स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र तथा विद्यालय में अधिकारियों व जवानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आज पांच हजार पौधे लगाये इस कार्य में केंद्रीय विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों ने भी सहयोग किया केंद्रीय विद्यालय परिसर के अलावा प्रशिक्षण केंद्र कैंपस एवं मेरु के बेला गढ़ा क्षेत्र में भी जवानों व अधिकारियों ने पौधे लगाए महानिरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि बीएसएफ ने ग्यारह लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है इसमें से बीएसएफ मेरु द्वारा पच्चीस हजार पौधे लगाए जाने हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विदेशी उत्पादों पर निर्भरता घटाने पर जोर देते हुए कहा कि आईआईएम जैसे संस्थान देश के कारीगरो के लिए वैश्विक बाजारों की तलाश करके इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं उन्होंने कहा कि उन्हें छोटे कारीगरों को बड़े उद्योगों से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए श्री मुंडा कल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नीतिगत अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम शिलांग द्वारा हस्तशिल्प पर आयोजित एक ई संगोष्ठी के उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे यह ई संगोष्ठी उभरता पूर्वोत्तर भारतः हस्तशिल्प में रणनीतिक और विकासात्मक अनिवार्यताएंविषय पर आयोजित की गई थी

गुजरात में झारखंड के तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है